पदभार संभालने के बाद टेली कॉफ्रेसिंग के माध्यम से संगठन के बोर्ड के सदस्यों को सम्बोधित किया

चंडीगढ़ और हरियाणा में आज भी प्रवासी श्रमिकों को विशेष रेलगाडियों व बसों में उनके ग़ह राज्यों में भेजने का सिलसिला जारी रहा

केन्द्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है टेली कांफ्रेस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड के सदस्यों को सम्बोधित करते हये डा हर्षवर्धन ने कहा कि वे उस समय इस संगठन का पदभार संभाल रहे है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है उन्होंने कहा कि आने वाले दो दशकों में स्वास्थ्य को लेकर बहत सारी च्नौतियां होगी और सभी देशों को इनका मिलकर मुकाबला करना होगा

उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के चलते मृत्यू दर केवल तीन फीसदी है

आर बी आई के गर्वनर ने कहा कि चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जिनमे बाज़ार की कार्यप्रणाली में सुधार करना आयात निर्यात का समर्थन ऋण सेवाओं पर राहत और राज्य सरकारों के समक्ष पेश आ रही वित्तीय रूकावटों को कम करना शामिल है

उन्होंने कहा कि पहली छमाही में मुद्रास्फीति की दर में वृद्वि होने का संभावना है जो दूसरी छमाही मे चार प्रतिशत से नीचे चली जायेगी

पूंजी निवेश कम होने के कारण सरकारी राजस्व पर गहरा असर पड़ा है

श्री गोयल ने एक टवीट में कहा कि इससे सूक्ष्म लघ् और मझौले उद्योगों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के उददेश्य को सफलता मिलेगी उन्होंने कहा कि आर औ आई दवारा जारी नियामक और नीति घोषणाओं से वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में सहायता मिलेगी

फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चार नये पोजिटिव मरीज़ मिले है नोडल अधिकारी डा राम भगत ने बताया कि फरीदाबाद में आज पोजिटिव आये व्यक्तियों में उत्तरप्रदेश में अपने गांव से लौटकर आया आदर्श कालोनी का एक निवासी भी है

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आज बिहार में मोतीहार पूर्वी चपांरण के लिए एक विशेष रेलगाड़ी रवाना की गई है ये गाड़ी सिवार और मुजफ्फरपुर में भी रूकेगी

इन सभी की रेलवे स्टेश्न पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई दोनों श्रमिक रेलगाडिय़ों में भेजे गये लोगों को मास्क सैनेटाइफ़र और खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया हरियाणा से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा

हमारे संवाददाता ने बताया कि गाड़ी चलते ही श्रमिकों ने तालिया बजाई और देश भक्ति के नारे लगाये घर जाने की ख्शी उनके चेहरों पर नज़र आ रही थी

सामाजिक संस्थाओं ने जाने से पहले उन्हें खाना भी खिलाया

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि यह रिफंड प्रक्रिया केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पिछले सप्ताह आत्मनिर्भर भारत अभियान में की गई घोषणाओं की गति को और तेज़ करेगी रेलवे ने जून में शुरू होने वाली रेल सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग करवाने हेत् टिकट काउंटर खोल दिये है पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि आज टिकट ब्रुक करवाने के लिए टिकेट खिड़क्रियों पर काफी भीड़ नज़र आई उतर रेलवे अम्बाला के निदेशक बी एस गिल ने बताया कि रेल विभाग दवारा जो गाडिय़ा नामज़द की गई है उन्हीं में आरक्षण की स्विधा दी जा रही है

पलवल भिवानी रेवाड़ी से भी हमारे संवाददाताओं से बड़ी गिनती मे लोगों द्वारा रेल टिकट ब्क करवाये जाने की जानकारी ही है पचंकूला से हमारी संवाददाता ने विभिन्न यात्रियों से बातचीत की तो बहत ख्श नज़र आये